मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल को सुशासन नवाचार और विकास से परिपूर्ण बताया

प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर शिमला में आयोजित रैली में सरकारी धन और मशीनरी के दुरूपयोग का लगाया आरोप समारोह अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर नागरिकता अधिनियम पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित रैली को सम्बोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी सदस्य सीएए द्वारा नागरिकता नहीं खोएगा विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला संवाददाता संजीव सुन्द्रियाल केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य नागरिकता देना है न कि किसी की नागरिकता छीनना गृहमंत्री ने कहा कि पूर्व केन्द्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करके राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया था लेकिन भाजपा सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले करके देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाई उन्होंने कहा कि देश के लिये सर्वेच्च बलिदान देने वालों में हिमाचल प्रदेश सदैव आगे रहा है वहीं गृहमंत्री ने कहा कि जनता के समक्ष अपने कार्यक्रमों का लेखा जोखा रखने का साहस केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है अमित शाह ने राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास की दृष्टि से हिमाचल देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनकर उभरे

उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करने और उनके लक्ष्य हासिल करने पर प्रदेश सरकार को बधाई भी दी संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल ब्रुक का विमोचन भी किया अमित शाह ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की अंतिम तीन लाभार्थी महिलाओं को गैस कनैक्शन प्रदान किए हिमाचल प्रदेश प्रत्येक घर में रसोई गैस सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है इस दौरान प्रदेश सरकार के दो साल की उपलब्धियों पर आधारित एक वृत्त चित्र भी दिखाया गया जिसका प्रसारण एलईडी स्क्रीनों के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों के अलावा शिमला शहर के प्रमुख स्थानों पर किया गया समारोह में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता भी मौजूद रहे समारोह नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उन्होंने कहा राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दे रही है नड्डा ने कहा कि प्रदेश के लिए ऐम्स और तीन अन्य मैडिकल कॉलेज केन्द्र की भाजपा सरकार ने ही स्वीकृत किए हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एक बड़ी पहल साबित हुई है मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम केन्द्र सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है जिसका प्रदेश की जनता समर्थन करती है समारोह अनुराग वहीं केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम हासिल करेगा उन्होंने विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी व विकासात्मक योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल जल्द ही एक आदर्श राज्य बनकर उभरेगा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं अमित शाह ने कहा कि औद्योगिक निवेश तभी आ सकता है जब आधारभूत ढांचा हो और केंद्र सरकार हिमाचल में उद्योगपतियों को निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी उन्होंने ग्लोबल इंवेस्टर मीट के महज दो महीने के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की और कहा कि जयराम सरकार रिफार्म ट्रांसफार्म और परफार्म की नीति पर काम कर रही है इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर राज्य सरकार को बधाई दी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनकल्याण और विकास की दिशा में कई योजनाएं आरम्भ की हैं जो प्रशंसनीय है वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार में सुगमता लाने अनावश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र हटाने नियमों व प्रक्रियाओं के सरलीकरण और स्वीकृतियों के लिए आनलाइन एकल खिड़की प्रणाली आरम्भ की है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियां तैयार की हैं जिससे हिमाचल निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा है भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे कांग्रेस दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल पर शिमला में आयोजित रैली में सरकारी धन और मशीनरी के दुरूपयोग का आरोप लगाया है उन्होंने इस रैली को फ्लॉप करार देते हुए बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर किसी तरह की राहत की घोषणा नहीं की वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने समारोह को बेरंग मुहिम करार देते हुए कहा कि हाईकमान को रिझाने की प्रदेश सरकार की कवायद बेनतीजा साबित हुई है अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप्प पड़े हैं और केन्द्र से अब तक प्रदेश को कोई पैकेज नहीं दिया गया है उन्होंने सरकार पर भीड़ जुटाने के लिए एक बार फिर सरकारी तंत्र के दुरूपयोग का आरोप भी लगाया

घायल व्यक्तियों को पीजीआई चण्डीगढ़ रैफर कर दिया गया है पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है